दस हजार करोड़ रुपये की लागत से बारह आध्निक जैव ईंधन रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा

प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते चार वर्षों में एथनॉल का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है

इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंगलवाड में जनसभा को सम्बोधित किया श्रीमती राजे ने उदयपूर के भीण्डर तथा भटेवर में सभा की गौरव यात्रा के पहले चरण के अंत में मुख्यमंत्री मावली जाएंगी जिसके बाद वे राजधानी जयपुर लौट आएंगी

अधिवक्ता विमूति भूषण शर्मा की ओर से आज राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गयी जिस पर मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग की बेंच में सुनवाई हुई याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कार्यक्रम पूरी तरह से भाजपा का है और चुनाव प्रचार का एक हिस्सा है

ऐसे में कार्यक्रम को सरकारी नहीं माना जाना चाहिए और भाजपा से यात्रा का पूरा खर्च वसूलने के साथ ही अब राजकोष से खर्च पर रोक लगनी चाहिए राज्य पीसीपीएनडीटी दल ने कल शाम जालोर जिले के भीनमाल स्थित लाईफ लाइन हॉस्पिटल में डिकॉय कार्यवाही करते हुए अनाधिकृत सोनोग्राफी करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया दल ने सोनोग्राफी मशीन भी जब्त की है डिकॉय ऑपरेशन में गुजरात के चिकित्सक गंगाराम प्रजापति और जालौर के भीनमाल निवासी मुकेश बापना को गिरफ्तार कर लिया गया है

वे जयपुर में रोड शो कर कांग्रेस के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरूआत करेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि जयपुर में कई स्थानों पर श्री गांधी का स्वागत किया जाएगा वे जयपुर में कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी संबोधित करेंगे

जिले में इस योजना के तहत अब तक डेढ़ हजार से ज्यादा किसानों को फायदा मिल चुका है

रक्षा प्रवक्ता कर्नल सम्बित घोष ने बताया कि सादूल क्लव मैदान में आयोजित इस प्रदर्शनी में हथियार विशेष उपकरण और वाहनों के जरिये सेना की युद्धक क्षमता का प्रदर्शन किया जायेगा